पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को यह लाभ देने का फैसला किया गया था केन्द्रीय कुषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को भी कहा है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यो को समयबद्व पूरा करने के निर्देश दिए हैं पालमपुर क्षेत्र के ननाओं में आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के निर्धनतम व्यक्ति के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है परमार ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके उन्होंने बताया कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क ॅऊर्जा पेयजल सिंचाई और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है

राज्य व ज़िला स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक सेवा से लाभान्वित हो सकें

एक सरकारी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र में इस संबंध में प्रकाशित खबर का खण्डन करते हुए ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि सरकार का भविष्य में भी इस तरह के संशोधन करने का कोई विचार नहीं है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र की सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा विकास से संबंधित अन्य मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा कसौली क्षेत्र के नाऊ गांव में एक मेले के दौरान उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से देश व प्रदेश में स्वर्णिमकाल चल रहा है और सरकार मूलभूत सुविधाओं के विकास पर ध्यान दे रही है राजीव सैजल ने कहा कि मेले हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति व भाईचारे की एकता के प्रतीक हैं और इनका संरक्षण हम सभी की नैतिक ज़िम्मेवारी है भेंट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की

इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों चारों लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और सभी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों को बुलाया गया है प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे गुरूद्वारा सोलन के सपरून गुरूद्वारा साहिब में गुरू अर्जुन देव जी का शहीदी गुरूपर्व श्रद्वा व भक्तिभाव से मनाया गया इस दौरान मीठे पानी की छबील लगाई गई और गुरूद्वारा साहिब में कीर्तन दरबार का भी आयोजन किया गया